नमग्या डोगरी नाला हिमस्खलन में शहीद सेना के एक और जवान का शव बरामद कल होगा सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

ये बात स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिह परमार ने आज कांगड़ा के मालग में टीबी मुक्त हिमाचल एप्प लॉच करने के मौके पर कही उन्होंने कहा कि इस एप्प के माध्यम से कोई भी व्यक्ति टीबी से जुड़े जोखिम कारकों का आकलन कर सकता है और टीबी परीक्षण सुविधाओं का विवरण भी प्राप्त कर सकता है

इससे पूर्व विपिन परमार ने राजकीय महाविद्यालय नोरा के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की भी अध्यक्षता की और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के बेनमोर वॉर्ड में नवनिर्मित पार्किंग स्थल और पार्क का लोकार्पण किया

भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि शिमला में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए सभी वॉर्डो में छोटे पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे

महेन्द्र सिंह ठाकुर आज ज्वाली के खब्बल पपाहन और कोटला में उठाऊ पेयजल योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे

दुरदर्शन दूरदर्शन शिमला अब डीडी फ़ी डिश पर भी देखा जा सकेगा

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर हिमाचल सहित इन राज्यों के लोगों को बधाई दी है

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि रिश्वत के मामले सामने आने और विजिलेंस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद ऊना आरटीओ कार्यालय में कामकाज ठप हो गया है इस कारण ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने ऊना में स्थाई आर टीओ तैनात करने और भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके उपाध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निर्वाहन निष्ठा व समर्पण के साथ करने का आहवान किया है हंसराज आज चंबा में जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार सभी कार्य मूलक पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें पूरा कर रही है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार अपने सवा साल के कार्यकाल में केन्द्र से भरपूर सहायता लेने में सफल रही है महासंघ के जिला अध्यक्ष मनोज नरियाल ने इस मौके पर कर्मचारियों की मांगों का विवरण रखा

वीरेन्द्र कश्यप आज शिमला जिला के नेरवा में भाजपा अनुसूचितजाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत सहित अनेकों योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए आरंभ की है

डॉक्टर बिंदल आज कोलर धौलाकुआं और पड़दूनी विभिन्न विकास परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे

किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शव की पहचान जेएंड के राइफल के नितिन राणा के रूप में हुई है नितिन राणा कांगड़ा की जयसिंहपुर तहसील के रिट गांव के रहने वाले थे जवान के पार्थिव शरीर को कल हैलीकाप्टर से उसके पैतृक गांव ले जाया जाएगा जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होगा

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नितिन राणा और पैराकमांडो अमित कुमार के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि पंचायत चौकीदारों के नियमितिकरण का मामला सरकार के विचाराधीन है और जल्द ही इस मामले पर उचित नीति बनाई जाएगी वीरेन्द्र कंवर गत सांय ऊना में पंचायतीराज अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के जिलास्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वे विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याओं से भलिभांति परिचित है क्योंकि वे खूद पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं उन्होंने महासंघ को नियमानुसार उनकी समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया

इस दौरान झुग्गी झोंपडियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पोलियो मुक्त हो चुके देश में दोबारा पोलियो का कोई मामला न आए

इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी और सड़कें बंद होने के चलते कल पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाएगी तथा इसके लिए नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ बात नहीं करती बल्कि इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार में रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री पद को महिलाएं सुशोभित कर रहीं है जो आधी आबादी के लिए गर्व का विषय है अनुराग ठाक्र आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र के मवां कोहला में एक महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है इससे पहले अनुराग ठाकुर ने गुगलेहड़ में सामुदायिक भवन और थपलां सड़क का शिलान्यास भी किया अग्निशमन गर्मियों के मौसम के दृष्टिगत सोलन में अग्निशमन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दीं हैं अग्निशमन अधिकारी आरआर भागटा का कहना है कि गर्मियों में अग्निकांड जैसी किसी भी घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जहां खराब फायर हाइड्रेंट और पाईपों को बदला जा रहा है वहीं शहर की सड़कों को अतिकमण से मुक्त रखने के लिए नगर परिषद से भी मामला उठाया गया है वहीं दूसरी ओर सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता का कहना है कि व्यापार मंडल सदस्य विभाग के साथ हरसंभव सहयोग करेंगे

मौसम राज्य के अधिकांश भागों में मौसम आज आमतौर पर साफ बना रहा जिससे लोगों को ठंड से कृछ राहत मिली

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद सड़क व संचार व्यवस्था अभी भी सुचारू नहीं हो पाई है इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है